प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह की पहल पर दमोह नाका से मदनमहल तक यह फ्लाईओवर बनाया जायेगा इसके बनने से इन क्षेत्रों के निवासियों को रोजमर्रा की यातायात में आने वाली समस्याओं का समाधान हो सकेगा श्री गडकरी कल दोपहर वैटनरी कॉलेज ग्राउंड में जबलपुर संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ता सम्मेलन को भी संबोधित करेंगें

उन्होंने प्रदेश में इसे लागू करने की मांग की

निर्वाचन कार्यशाला मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी व्हीएल कान्ता राव ने कहा है कि चुनाव प्रक्रिया में व्यय निगरानी सबसे महत्वपूर्ण है उन्होंने चुनाव खर्च निगरानी के संबंध में जिला स्तरीय नोडल अधिकारियों की कार्यशाला में कल बताया कि आगामी लोक सभा चुनाव में भी धन बल एवं नशीले पदार्थों पर सख्ती से रोक लगायी जायेगी

यह सुनिष्वित किया जाना चाहिये कि सभी उम्मीदवार और पार्टियां जिला निर्वाचन अधिकारी और च्नाव आयोग को निर्धारित सीमा में राशि खर्च करने की सम्पूर्ण जानकारी दें

यह मध्यप्रदेश के चुनाव इतिहास में एक रिकॉर्ड है कार्यशाला में प्रधान सचिव भारत निर्वाचन आयोग एसकेरूडोला ने विभिन्न राज्यों में धन बल के उपयोग को रोकने के लिये आयोग द्वारा किये गये कार्यों जन प्रतिनिधित्व अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता निर्वाचन आयोग के निर्देशों की विस्तृत जानकारी दी राष्ट्रीय अधिवेशन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि सामाजिक बदलाव के लिए स्वयं में परिवर्तन लाना जरूरी है बदलाव एक दिन में नहीं होता

विचार विमर्श ही बदलाव का आधार बनेगा उन्होंने कहा कि स्वच्छता के लिए की गई पहल के सार्थक परिणाम सब जगह दिखाई दे रहे हैं

उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए पौध रोपण और जल संरक्षण के प्रयास करना हम सबकी जिम्मेदारी है खज्राहो समारोह छतरपुर जिले के खजुराहो में कल प्रतिष्ठित खजुराहो नृत्य समारोह शुरू हो गया पहले दिन दिल्ली की लिप्सा सत्पथी ओडिसी जयप्रभा मेनन मोहिनीअट्टम और गुवाहाटी की मृद्रस्मिता दास और साथी नृत्य की प्रस्तुति दी

इस बैठक में ग्वालियर चंबल संभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ राजस्थान के कोटा और उप्र के झांसी के अधिकारीा मौजूद थे बैठक में ग्वालियर संभागायुक्त बीएम शर्मा ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपादित कराए जाने हेतु संभाग की सभी अंर्तराज्यीय सीमाओं पर नाके स्थापित कर सीसीटीव्ही कैमरे लगाए जाकर निगरानी रखी जाए इसके लिए सीसीटीव्ही कैमरों की व्यवस्था अभी से सुनिश्चित करें अर्तराज्यीय समन्वय बैठक बैठक में ग्वालियर जोन के आईजी राजाबाबू सिंह चंबल जोन के आईजी योगेश देशमुख कोटा संभाग के कमिश्नर एलएनसोनी कोटा संभाग के आईजी बीकेपाण्डे झांसी के अपर आयुक्त त्रिभुवन विश्वकर्मा सहित सीमावर्ती जिलों के कलेक्टर पुलिस अधीक्षक आदि अधिकारी उपस्थित थे संभागायक्त ने अंतर्राज्यीय नाके जिला मुख्यालय से काफी दूर होने के कारण उन पर लगातार निगरानी रखने पर जोर दिया उन्होंने असामाजिक तत्वों एवं वारंटियों के विरूद्व अभी से कार्यवाही करने के निर्देश दिए शिक्षक सम्मान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शिक्षकों का आव्हान किया है कि विद्यार्थियों को पर्यावरण और जल संरक्षण के लिये संस्कारित करें श्रीमती पटेल ने कल भोपाल में एक शिक्षक सम्मान समारोह को सम्बोधित करते हुए कहा कि व्यक्ति के जीवन का निर्माण शिक्षक करता है राज्यपाल ने शिक्षक सम्मान की चयन प्रक्रिया में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षकों के लिए अलग अलग पैरामीटर बनाने की जरूरत बताई दीपक बावरिया अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया की तबीयत कल रात अचानक बिगड़ गई उन्हें भोपाल में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है मुख्यमंत्री कमलनाथ भी उन्हें देखने पहुँचे भूरिया आरोप कांग्रेस सांसद कांतिलाल भूरिया ने आरोप लगाया है कि उनकी सांसद निधि की दो किश्तें जानब्रझकर कोन्द्र सरकार ने रोक दी है उन्होंने कहा कि इससे उनके क्षेत्र में जनहित के कार्य ठप्प हो गये हैं श्री भूरिया ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए जल्द ही राशि स्वीकृत नहीं की गई तो चुनाव आचार संहिता के कारण विकास कार्यो के लिए सांसद निधि स्वीकृत नहीं की जा सकेगी मीसाबंदी मध्यप्रदेश सरकार की मीसाबंदियों को दी जाने वाली सम्मान राशि को रोकने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ गोविंद सिंह ने कल विधानसभा में भाजपा विधायक डॉ नरोत्तम मिश्रा के एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि प्रदेश में मीसाबंदियों के बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है फिलहाल मीसाबंदियों को हर माह मिलने वाली सम्मान निधि को बंद करने की कोई कार्ययोजना विचाराधीन नहीं है बोर्ड परीक्षा माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश द्वारा दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाएं एक और दो मार्च से शुरु होगी जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी है

जिनमें लखनऊ भोपाल दिल्ली पंजाब नागपुर मुंबई की टीमें प्रमुख हैं पहले चरण में स्व बी जी अग्निहोत्री हॉकी टूर्नामेंट की शुरूआत होगी

इस मौके पर योजनाओं की जानकारी देने के अलावा स्वास्थ्य परीक्षण शिविर भी लगाया गया

जिसके लिए तहसील स्तर पर कार्यक्रम आयोजित होंगे